महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने आज इस आशय की सिफारिश कोन्द्र सरकार को भेजी थी मंत्रिमंडल की अनुमोदन के बाद ये सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी गई थी जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुहर लगा दी है राज्यपाल का मानना था कि प्रदेश में संविधान के अनुरूप सरकार का गठन नहीं हो सकता था इस बीच कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेता अहमद केसी वेणुगोपाल और मलिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष पटेल शरद पवार से मुम्बई में मुलाकात की गौरतलब है कि कल राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज रात साढ़े आठ बजे तक का समय दिया था

इधर जयपुर आए हुए महाराष्ट्र के कांग्रेसी विधायक एक रिसॉर्ट में रुके हुए हैं आज उन्होंने विभिन्न पर्यटन स्थलों एवं बाजारों का भ्रमण किया

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने बताया कि संचालन समिति की बैठक में ग्राम विकास योजना का अनुमोदन किया गया

भीम विधायक सुदर्शनसिंह रावत पुलिस के जवान जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें अंतिम विदाई दी

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात कार्यकम के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है

हादसे में पांच लोग घायल हो गए

पुलिस के अनुसार तीनों मृतक जोधपुर के रहने वाले है जो जैन तीर्थ नाकोड़ा में दर्शन करके वापस जोधपुर लौट रहे थे इस दौरान ट्रक से आमने सामने की टक्कर के बाद कार में आग लग गई वहीं करौली मंडरायल मार्ग पर श्यामपुर के पास ट्रोले और मोटरसाइकिल की टक्कर में दों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई

प्रकाश उत्सव के अवसर पर राज्य से सुल्तानपुर लोधी के लिए मुफ्त रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसबीर सिंह ने आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग से विशेष बातचीत में कहा कि गुरूनानक देव की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है

झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में चन्द्रभागा नदी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और पवित्र स्नान किया वहीं बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम में भी हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई बूंदी जिले के केशोरायपाटन में भी आज कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान किया गया

सिरोही जिले के विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर अन्नकट का आयोजन भी किया गया सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर धाम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर त्रिवेणी संगम में भारी संख्या में लोगों ने स्नान किया

इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं